आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर रहेगी रोक प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के रिकॉर्ड चौदह सौ बत्तीस मामलों की पुष्टि

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी कोरोना पॉजिटिव पाये गये

राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुये परसों से इकतीस जुलाई तक एक बार फिर प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा की है सोलह दिनों के इस पूर्णबंदी के दौरान सभी सरकारी कार्यालय निजी कार्यालय प्रतिष्ठान शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे वहीं सामाजिक राजनीतिक और खेल गतिविधियों के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुये किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक रहेगी इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी हमारी संवाददाता ने बताया कि आपदा प्रबंधन समूह की हुई बैठक में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया बाईट लॉकडाउन के प्रावधानों में कहा गया है कि इस अवधि में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी अन्य सेवाएं बंद रहेंगी इस दौरान अस्पताल दूरसंचार सेवा बैंकिंग और एटीएम सेवाएं नगर निकाय से जुड़ी सेवाएं विद्युत विभाग पोस्ट ऑफिस समेत अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे डेयरी किराना दुकानें फल सब्जियों की दुकानें दवा दुकानें पेट्रोल पंप एलपीजी गैस एजेंसी को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा गया है इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया समेत अन्य आवश्यक और आपात सेवाएं चालू रहेंगी केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप रेलवे और हवाई सेवा पर रोक नहीं लगायी गयी है टैक्सी और ऑटो रिक्शा का परिचालन जारी रहेगा जबकि लोग अपने निजी वाहन से अति आवश्यक काम होने की रिथति में ही बाहर निकल सकते हैं लॉकडाउन में सामानों के परिवहन पर रोक नहीं रहेगी ई कॉमर्स और निजी सुरक्षा एजेंसियों की सेवाएं भी जारी रहेंगी आकाशवाणी समाचार के लिए कल्पना झा ग्रामीण क्षेत्रों को लॉकडाउन से छूट दी गयी है लॉकडाउन में आतिथ्य सेवा से जुड़े होटल और लॉज जैसे प्रतिष्ठानों को भी खोलने की अनुमति दी गयी है वहीं रेस्टोरेंट भोजनालय और ढाबे से होम डिलिवरी की सुविधा मिलती रहेगी इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालयों में कुल कर्मचारियों की क्षमता के तैंतीस प्रतिशत को ही कार्यस्थल पर आने की अनुमति दी गयी है निर्माण कार्य से संबंधित गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट दी गयी है खेती बाड़ी से संबंधित कार्य और खाद बीज के दुकान भी खुले रहेंगे गैराज मोबाईल मरम्मत और अन्य संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति दी गयी है प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के रिकॉर्ड एक हजार चार सौ बत्तीस मामले सामने आये हैं राज्य में कोविड पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर अठारह हजार आठ सौ तिरपन हो गयी है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार सबसे अधिक एक सौ बासठ मामले पटना से सामने आये हैं पूर्वी चम्पारण से एक सौ चौबीस बेगूसराय से एक सौ चौदह और नालंदा से एक सौ सात नये मामलों की पुष्टि हुई है इसी तरह नवादा से बानवे भागलपुर से इकसठ पश्चिम चम्पारण से अंठावन सीवान से पचपन मुजफ्फरपुर में चौवन गया से पचास मुंगेर से अड़तालीस भोजपुर से पैंतालीस खगड़िया से तैंतालीस सारण से सैंतीस मधुबनी से पैंतीस लखीसराय से तैंतीस और जमुई से इकतीस मामले पॉजिटिव पाये गये हैं रोहतास से सत्ताईस बक्सर से छब्बीस समस्तीपुर और गोपालगंज से बाईस बाईस सुपौल से बीस कटिहार से अठारह जहानाबाद से सत्रह और दरभंगा तथा अररिया से पन्द्रह पन्द्रह मामले दर्ज किये गये हैं औरंगाबाद और मधेपुरा से बारह बारह वैशाली से ग्यारह सहरसा बांका किशनगंज और कैमूर से दस दस अरवल से सात पूर्णियां और शेखपुरा से छह छह सीतामढ़ी से पांच और शिवहर से दो मामलों की प्रष्टि हुई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की बुलेटिन के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में इस वैश्विक महामारी से सत्रह लोगों की मृत्यु हुई है मरने वालों की संख्या बढ़कर एक सौ साठ हो गयी है वहीं राज्य में अब तक तेरह हजार उन्नीस रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है स्वस्थ होने की दर घटकर उनहत्तर दशमलव शून्य छह प्रतिशत हो गयी है कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुये पूर्व मध्य रेलवे ने पटना जंक्शन पर चालीस आईसोलेशन कोच की व्यवस्था की है मुख्य जन सम्पर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इनमें छह सौ मरीजों को रखा जा सकता है श्री कुमार ने कहा कि और भी आईसोलेशन कोच तैयार रखे गये हैं जिन्हें किसी न किसी अस्पताल से जोड़ा जायेगा

आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार श्री सुबहानी को क्वारेंटीन कर दिया गया है इधर भाजपा के चौबीस नेताओं की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी प्रशासन की ओर से भाजपा प्रदेश कार्यालय को सील कर दिया गया है और सेनेटाईजेशन किया जा रहा है इधर भागलपुर जिले के प्रभारी जिलाधिकारी राजेश झा राजा भी कोविड पॉजिटिव पाये गये हैं इससे पहले जिलाधिकारी प्रणव कुमार संक्रमित होने के कारण क्वारेंटीन पर हैं इधर जिले के उप विकास आयुक्त सुनील कुमार में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है हमारे संवाददाता ने बताया कि अब जिला लोक शिकायत निवारण पादाधिकारी अरूण कुमार सिंह को भागलपुर का प्रभारी जिलाधिकारी बनाया गया है पटना समाहरणालय के चौदह कर्मियों को भी पॉजिटिव पाया गया है वहीं पीएमसीएच एनएमसीएच और गर्दनीबाग अस्पताल के ग्यारह कर्मी भी संक्रमित पाये गये हैं समस्तीपुर रेल मंडल कार्यालय के छह कर्मियों को कोविड पॉजिटिव पाये जाने के बाद कल से नव नियुक्त कर्मियों के लिए होने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है खगड़िया के सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के भी संक्रमित होने की खबर आ रही है हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गयी है पटना एम्स में कोविड उन्नीस संक्रमित दो चिकित्सकों की मौत हो गयी है पीएमसीएच के ईएनटी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एन के सिंह और गया के डॉक्टर अश्विनी ननकुलियार की इलाज के दौरान मौत हो गयी प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर एनके सिंह को एक सप्ताह पूर्व पटना एम्स में भर्ती कराया गया था जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था वे हृदय संबंधी बीमारियों से ग्रसित थे और कोरोना पॉजिटिव पाए गये थे वहीं डॉक्टर अश्विनी ननकुलियार को कोविड संक्रमित पाये जाने के बाद पटना एम्स में दो जुलाई को भर्ती कराया गया था इधर गृह विभाग के पूर्व अपर सचिव उमेश रजक की भी इलाज के दौरान मौत हो गयी है उन्हें परसों देर रात कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था देश में कोविड उन्नीस रोगियों की संख्या नौ लाख के आंकड़े को पार कर गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान अट्ठाईस हजार चार सौ अंठानवे नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या नौ लाख छह हजार सात सौ बावन हो गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने की दर तिरसठ प्रतिशत से अधिक हो गई है और अब तक पांच लाख इकहत्तर हजार चार सौ साठ लोग ठीक हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान सत्रह हजार नौ सौ नवासी मरीज कोविड उन्नीस से स्वस्थ हुए हैं वहीं एक दिन में पांच सौ तैंतीस लोगों की मौत के साथ ही देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर तेईस हजार सात सौ सत्ताईस हो गयी है इधर स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि देश में एक गति से कोविड उन्नीस के मामले नहीं बढ़ रहे हैं छियासी प्रतिशत मामले सिर्फ दस राज्यों से सामने आये हैं

मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि मॉनसून की अक्षीय रेखा झारंखड और पश्चिम बंगाल की तरफ चली गयी है जिसके प्रभाव से बारिश में कमी आयेगी उन्होंने बताया कि दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिसके कारण अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पूर्व हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है

पिछले चौबीस घंटों के दौरान सबसे अधिक एक सौ पचास मिलीमीटर बारिश पश्चिम चम्पारण जिले के त्रिवेणी और वाल्मिकी नगर में दर्ज की गयी है वहीं लखीसराय में पचास और समस्तीपुर के मोरवा में तीस मिलीमीटर बारिश हुई है नेपाल और उत्तर बिहार में पिछले चौबीस घंटों के दौरान बारिश में कमी आने से प्रदेश की अधिकतर नदियों के जलस्तर में गिरावट आयी है हालांकि अधिकांश नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर हैं जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बागमती और अधवारा समूह की नदियां सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज शिवहर के डुब्बा घाट और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से ऊपर है लेकिन जल स्तर की प्रवृति में कमी देखी जा रही है वहीं कोसी नदी सुपौल के बसुआ में खतरे के निशान से नीचे चली गयी है नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से ऊपर है और जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है वहीं भूतही बलान कमला बलान और महानंदा नदियों का जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है नदी का जलस्तर पटना के दीघा घाट और गांधी घाट तथा मुंगेर और भागलपुर में लाल निशान के आस पास बना हुआ है इधर सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सीतामढ़ी मधुबनी स्टेट हाई वे और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक सौ चार पर प्नौरा के पास पानी चढ़ जाने से आवागमन बाधित हुआ है मोतिहारी से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि लखैरा के झिटकहियां बहुअरी गांव में दुधौरा तिलावे और पसहा नदी का पानी प्रवेश कर गया है वहीं शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड के बेलवा के पास बागमती नदी के टूटे सुरक्षा तटबंध की मजबूती का काम लगातार जारी है पश्चिम चम्पारण स्थित वाल्मिकी नगर गंडक बराज से तीन लाख पन्द्रह हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद निचले क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है सबसे अधिक पिपरासी प्रखंड प्रभावित हुआ है इधर अररिया जिले में फारबिसगंज पलासी जोकिहाट सिकटी और अररिया प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं जिले में परमान बकरा रतवा भलुआ सहित अन्य बरसाती नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है सुपौल और सहरसा जिले के कई गांवों में कोसी नदी का पानी प्रवेश कर चुका है जिस कारण लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद का आज पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया वे लम्बे समय से बीमार चल रहे थे उनके निधन पर राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत कई गणमान्य लोगों ने गहरी संवेदना जतायी है कल उनका अंतिम संस्कार प्ररे सम्मान के साथ खगड़िया के गोगरी गंगा घाट पर किया जायेगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के दसवीं बोर्ड के नतीजे कल घोषित किए जाएंगे

इसके बाद उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है मंजूर खान के विरोध में तेईस पार्षदों ने मतदान किया

आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर रहेगी रोक प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के रिकॉर्ड चौदह सौ बत्तीस मामलों की पुष्टि

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी कोरोना पॉजिटिव पाये गये